उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेशवासियों से लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करने की अपील की

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों की आवाजाही के कारण देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि एक हजार आठ सौ लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है श्री अग्रवाल ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों में न जाने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोगों को सोशल डिस्टेन्सिंग यानी आपस में सुरक्षित दूरी का पूरी तरह से पालन करना चाहिए श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार चौबीस तरह के चिकित्सा उपकरणों पर विशेष नजर रख रही है उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माता या आयातकर्ता पिछले बारह महीनों के दौरान दवा के न्यूनतम खुदरा मूल्य में दस प्रतिशत से अधिक की वृद्दि नहीं कर सकता श्री अग्रवाल ने कहा कि दवाओं और उपकरणों को सस्ती दर पर उपलब्ध बनाये रखने के लिए यह कदम उठाया गया है श्री अग्रवाल ने कहा कि रेलवे ने बीस हजार बोगियों को विशेष निगरानी केन्द्रों के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों को तबलीगी जमात में शामिल लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों का तेजी से पता लगाने को कहा है उन्होंने कहा कि इस घटना से कोविड नाइन्टीन महामारी का जोखिम बढ़ गया है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उन्होंने राज्यों को जमात के लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर पूरी करने को कहा है खबर है कि तबलीगी जमात में आये विदेशियों ने वीजा शर्तो का उल्लंघन किया राज्यों से विदेशियों और जमात के आयोजकों के विरूद्व वीजा शर्तों के उल्लंघन की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कोविड नाइन्टीन के परिप्रेक्ष्य में राज्य में विश्वविद्यालयों के क्लपतियों को निर्देश दिये हैं कि वे उनके यहां दैनिक कर्मचारी और संविदा कार्मिकों का पूर्ण भुगतान नियमित रूप से किया करें और वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती न की जाये राज्यपाल कल प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से वार्ता कर रही थीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉकडाउन की सफलता ही कोविड नाइन्टीन का सफल उपचार है इसलिए लॉकडाउन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये श्री योगी कल लखनऊ में कोरोना वायरस पर नियंत्रण हेत् लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आने पाये लोगों के भोजन और स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये उन्होंने कहा है कि जो लोग अपनी बीमारी के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों को नहीं बताएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी म्ख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन की अवधि में बिजली का फिक्स्ड चार्ज न लिया जाये उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा गरीबों को अप्रैल माह का निःश्ल्क खाद्यान्न वितरित कराया जा रहा है प्रदेश में सूचना और जनसंपर्क विभाग तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में पांच सौ उनहत्तर तबलीगी जमात के लोगों को क्वारन्टीन किया गया है और उनकी चिकित्सकीय जाँच करायी जा रही है उन्होंने बताया कि दो सौ अठठारह विदेशी लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो प्रदेश में रह रहे हैं इन्हें भी चिकित्सकीय जाँच के साथ क्वारन्टीन में रखा गया है इनमें से नियम विरूद्व आचरण के लिए कई के विरूद्व कार्रवाई की जा रही है श्री अवस्थी ने बताया कि कोरोना के सम्बन्ध में फेक न्यूज पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया गया है और इसे मजबूती से लागू कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना के बारे में फेक न्यूज पर सरकार जीरो टॉलरेन्स बरत रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम लोगों को इलाज की सुविधा मिल सके उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओपीडी संचालन में कोरोना से बचाव के सभी दिशा निर्देशों और एहतियाती उपायों का पालन किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के बीच पर्याप्त दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण की आशंका न रहे मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आश्रय गृहों में भोजन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं श्री योगी ने कहा कि नगर निगम की ओर से लगातार सैनिटेशन अभियान चलाया जाना चाहिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आकाशवाणी के माध्यम से प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें और घरों से बाहर न निकलें कोरोना संकमण के समय कोई गरीब भूखा न रहे कोई मजदूर भूखा न रहे कोई जरूरतमंद भूखा न रहे यह प्रयास प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है प्रयागराज में हम तोगों ने भी पूरी टीम के सहयोग से कम्यूनिटी किचन का प्रारम्भ किया है जिसके माध्यम से गरीबों को भोजन कराने और उनको जरूरत का सामान उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है यह कम्यूनिटी किचन अमी लखनऊ प्रयागराज कानपुर मे प्रारम्म हुआ है बहुत जल्द प्रदेश के सभी जिलों में प्रारम्म किया जाएगा मै समी से अपील करता हूं जिला प्रशासन को सहयोग करें भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमारे माननीय सांसद और विधायक गण सभी वरिष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक और समस्त संगठनों के कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहे हैं मै सबसे परिश्रम को प्रणाम करता हूं और उनके द्वारा किए जा रहे कोरोना संक्रमण के संकट के समय जो सेवा है उसको नमस्कार करता हूं सेवा करने वालों का अभिनन्दन करता हूं मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से समाज रठकर खड़ा हुआ है इस स्थिति में कोरोना हारेगा हिन्दुस्तान जीतेगा चुनौती गम्मीर है परन्तु कोरोना पर विजय भी सुनिश्चित है हौसला बनाए रखें घरों में रहें लॉकडाउन का पालन करें निश्चित तौर से विजय मिलेगी प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर एक सौ सोलह हो गयी है प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में मीडिया को बताया कि इनमें से सत्रह मरीज स्वस्थ होने के बाद अवमुक्त कर दिये गये हैं उन्होंने यह भी बताया कि संक्रमित लोगों में दो मरीजों की मौत हो गयी है उधर देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के तीन सौ छियासी मामले सामने आये हैं अब तक अड़तीस लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित एक सौ बत्तीस लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं कोविड नाइन्टीन महामारीके मद्देनजर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई केवल उन्तीस मृख्य विषयों के लिए ही कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं आयोजित करेगा जो उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में बोर्ड को परामर्श दिया है उन्होंने कहा कि बाकी विषयों के लिए सी बी एस ई बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी इन विषयों के लिए अंक देने और मूल्याकन के निर्देश जल्दी जारी किये जायेंगे श्री निशंक ने सीबीएसई को कक्षा एक से आठ तक के सभी बच्चों को अगली क्लास में भेजने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि कक्षा नौ और ग्यारह के विद्यार्थियों को अब तक के प्रोजेक्ट कार्य आवधिक और अन्य परीक्षाओं सहित स्कूल आधारित मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षाओं में भेजा जाएगा सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही खबरों का संज्ञान लिया है इन खबरों में दावा किया गया है कि जिनोम में माइक्रो आर एन ए की मौजूदगी के कारण भारतीय नागरिक कोरोना से सुरक्षित हैं ऐसी खबरों में इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नॉलोजी आईसीजीईबी में हए कार्य की गलत व्याख्या की जा रही है यह एक फर्जी खबर है क्योंकि आईसीजीईबी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है संस्था के दिल्ली स्थित केन्द्र ने भी वीडियो में किये जा रहे दावों के अनुसार रोगियों के नमूनों का कोई डी एन ए अथवा आर एन ए विश्लेषण नहीं किया है